केन्द्रीय बिजली राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में हुए कार्यों को दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने आज राजनांदगांव से प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत की वहीं कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश में सबसे सुखी है छत्तीसगढ़ का किसान राज्य सरकार ने महासमुंद के निर्दलीय विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा और उनके समर्थकों पर हए कथित पुलिस बल प्रयोग मामले की दंडाधिकारी जांच कराने का लिया निर्णय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तराखंड के देहरादून में हजारों लोगों ने वन अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में योगाभ्यास किया श्री मोदी ने लोगों का आह्वान किया कि वे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनायें और इसे आंदोलन का रूप दें श्री मोदी ने कहा कि योग संपूर्ण मानवता को जोड़ने वाली सर्वाधिक शक्तिशाली ताकतों में से एक है आज की आपाधापी और तेज़ भागती जिन्दगी में योग मन शरीर बुद्धि आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता है यानि योग व्यक्ति परिवार समाज देश विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास भी किया

स्कूलों महाविद्यालयों दस हजार ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न संस्थाओं में विशेषज्ञ योगाचार्यो के मार्गदर्शन में सामूहिक योगाभ्यास किया गया इस कीर्तिमान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराया गया है पिछले साल योग दिवस पर पचास लाख लोगों ने एक साथ योगाभ्सास करने का कीर्तिमान बनाया था राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केन्द्रीय बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरकेसिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अन्य विशिष्टजनों ने करीब छह सौ स्कूली बच्चों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया कार्यक्रम में कोन्द्रीय मंत्री आरकेसिंह ने कहा कि पिछले चार वर्षो में प्रधानमंत्री के प्रयासों से विश्व में योग की महत्ता स्थापित हई है उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामूहिक योगाभ्यास का नया कीर्तिमान बनाने के लिए मुख्यमंत्री सहित छत्तीसगढ़वासियों को बधाई दी वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सभी लोगों से योग को जीवन पद्धति का हिस्सा बनाने का आव्हान किया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के प्रतिनिधि संतोष अग्रवाल ने नये विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को प्रदान किया

इस अवसर पर राज्यपाल के संचिव सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के योग संबंधी संदेश का वाचन किया राज्यपाल ने अपने संदेश के माध्यम से सभी से नियमित रूप से योग करने की अपील की वहीं नया रायपूर के योगा सेन्ट्रल पार्क में केन्द्रीय सशस्त्र बलो के एक हजार से अधिक जवानों ने योगाभ्यास किया यह कार्यक्रम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा नया राजधानी विकास प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया था कार्यक्रम में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक संजय अरोरा डीआईजी अजय मिश्रा सहित अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस सीआईएसएफ और एसएसबी के जवानों के साथ नया रायपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अधिकारियों ने भी योगाभ्यास किया

आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विद्यत अधोसंरचनाओं के विकास के लिए पिछले पंद्रह वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं यह अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है उन्होंने सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के घरों दुकानों और उद्योगों में स्मार्ट मीटर लगाने का भी निर्णय लिया है केंद्रीय राज्य मंत्री ने सौर सुजला योजना और पहुंचहीन क्षेत्रों को सौर ऊर्जा से रौशन किये जाने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना को मॉडल बताते हुए कहा कि इस मॉडल को दूसरे राज्यों को भी अपनाया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने जिस तर्ज पर काम किया है वो मॉडल अगर देश के दूसरे हिस्से में अपनाया गया तो चौबीसों घंटे देश में बिजली लाने का लक्ष्य पूरा हो सकता है इससे पहले केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने रायपुर में मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले दस आकांक्षी जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा लिया गया बैठक में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ग्राम स्वराज अभियान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना और आईपीडीएस सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की अग्रवाई में किसान जन संकल्प यात्रा निकाली गई इस यात्रा में कांग्रेस ने प्रमुख रूप से मजदूर किसानों की खाद बीज भुगतान बोनस सूखा राहत और फसल बीमा की समस्याओं को उठाया पार्टी ने प्रशासन के समक्ष किसानों को जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराने खाद की बढ़ी हई कीमतें वापस लेने सहित विभिन्न मांगें रखीं पार्टी नेताओं ने अपनी मांगों के संबंध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा कृषि मंत्री प्रेसवार्ता इस बीच राज्य के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है अकेले इस वर्ष किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत करीब चौंतीस सौ करोड़ रूपये की सहायता दी गई है उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों को लगभग तेरह हजार करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हो गई है जिसमें से बारह सौ करोड़ रूपये किसानों के खातों में जमा करा दिए गए हैं कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इस वर्ष किसानों को जहां आठ लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य है वहीं करीब दस लाख मीटरिक टन खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी किसानों के मुद्दे पर हो रहे आंदोलन के संदर्भ में कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि ये आंदोलन किसान नहीं कर रहे बल्कि राजनीतिक दल अपने क्षुद्र स्वार्थों की वजह से ऐसे आंदोलन कर रहे हैं

पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासन है पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाना और कानून भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ऐसे में यदि पुलिस बल में ही अनुशासन नहीं रहेगा तो उसे अधिकार नहीं होगा कि वह लोगों से अनुशासन का पालन करवा सके महासमुंद दंडाधिकारी जांच राज्य सरकार ने महासमुंद में बीते उन्नीस जून को निर्दलीय विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा और उनके समर्थकों पर कथित रूप से पुलिस बल प्रयोग मामले की दंडाधिकारी जांच कराने का निर्णय लिया है डिप्टी कलेक्टर और कार्यपालिक दंडाधिकारी दीनदयाल मंडावी को जांच अधिकारी बनाया गया है उन्हें जांच रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं गौरतलब है कि इस घटना में विमल चोपड़ा और सात पुलिसकर्मी सहित करीब बारह लोग घायल हो गए थे इस मामले में पुलिस ने विधायक सहित सत्रह लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है हाईकोर्ट पीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो रही है यह परीक्षा दो पालियों में होगी चार दिनों तक होने वाली इस परीक्षा के लिए अंबिकापुर बिलासपुर दुर्ग जगदलपुर और रायपुर में केंद्र बनाए गए हैं इस बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण उनतालीस परीक्षार्थियों को कल से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है हाईकोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया संक्षिप्त समाचार रायपुर में पीलिया से हुई मौत के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज प्रभावित क्षेत्रो में टैंकरों से पानी की आपूर्ति जारी रखने के आदेश दिए हैं इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी

इस परीक्षा की अगली तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी बस्तर जिले के बनिया गांव में ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए